भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र का दावा केन्द्र सरकार ने पिछले पांच साल में गरीबों के हित में लिए अनेक निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सिरमौर व सोलन में किया चुनाव प्रचार कांग्रेस की जीत का किया दावा पूर्व मंत्री महेन्द्र नाथ सोफत फिर से भाजपा में शामिल चुनाव प्रचार जयराम लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में अब एक महीने से भी कम समय रह गया है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है भाजपा व कांग्रेस के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के निकट मशोबरा में भाजपा अनुसूचित जाति व युवा मोर्चा के सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने दावा किया कि केन्द्र सरकार ने पिछले पांच साल में आरक्षित वर्गो के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं जिनका करोड़ों परिवारों को फायदा हुआ है जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर गरीब व किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय देश में विकास की रफ्तार थम गई थी चुनाव प्रचार वीरभद्र इस बीच कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत सिरमौर जिले के कई स्थानों पर चुनाव प्रचार किया राजगढ़ में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने दावा किया कि देश व प्रदेश में हआ विकास कांग्रेस पार्टी की देन है और सिरमौर जिले में भी पूर्व कांग्रेस सरकार ने अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए वीरभद्र सिंह ने लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने का आग्रह किया पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल भी इस मौके मौजूद रहे बाद में वीरभद्र सिंह ने सोलन में भी चुनाव प्रचार किया

नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ अधिकतम चार लोग ही पर्चा दाखिल करने अंदर जा सकेंगे जबकि प्रत्याशी के साथ आए समर्थकों को उपायुक्त कार्यालय से सौ मीटर दूर रखा जाएगा

मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा नेताओं पर अनाप शनाप बयानबाजी करने का अरोप लगाया है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने चारों संसदीय सीटों पर सशक्त उम्मीदवार उतारे हैं और पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर चुनाव आयोग द्वारा प्रचार को लेकर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए अग्निहोत्री ने कांग्रेस नेताओं से भी भाषा की मर्यादा कायम रखने का आग्रह किया

अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया मोरसू में एक नुक्कड़ सभा में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर चुनाव में पार्टी लोगों से झूठे वायदे करती है

उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने पिछले पांच साल में हिमाचल के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है और लाहौल स्पिति जिले में दूरसंचार सेवाओं व सड़कों को बुरा हाल है उन्होंने दावा किया कि देश व प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है और पार्टी हिमाचल में चारों सीटें जीतेगी

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है और विश्व में भारत की साख बढ़ी है उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में किए गए विकास कार्यों के दम पर भाजपा एक बार फिर सत्ता में लौटेगी सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज जन सम्पर्क कार्यक्रम के तहत सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं की उधर कांगड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने पालमपुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया सोफत पूर्व मंत्री महेन्द्र नाथ सोफत ने आज एक बार फिर भाजपा का दामन थाम लिया है वे शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व अन्य वरिष्ठ नेताओं के समक्ष अपने समर्थकों सहित भाजपा में शामिल हुए सोफत के साथ सोलन भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा भी भाजपा में शामिल हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महेन्द्र नाथ सोफत के फिर से भाजपा में शामिल होने से पार्टी का मजबूती मिलेगी

रोहतांग सुरंग रोहतांग सुरंग से लोगों की आवाजाही को लेकर सुरंग प्रबंधन ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है हालांकि आपात स्थिति में लाहौल घाटी से मरीजों को एंबुलेंस के माध्यम से कुल्लू भेजा जा रहा है जिसके लिए प्रबंधन ने सहमति दी है लाहौल स्पिति के उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि ज़िला प्रशासन द्वारा कुल्लू व मनाली में फंसे लाहौल घाटी के लोगों और चुनाव डियूटी पर तैनात कर्मचारियों की सूची रोहतांग सुरंग प्रबंधन को सौंपी है और लोगों की आवाजाही को लेकर अंतिम निर्णय टनल प्रबंधन को लेना है

इनकी सुविधा के लिए चुनाव आयोग द्वारा विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं कांगड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है जो दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने और वापस घर छोड़ने को सुनिश्चित करेगी स्वीप किन्नौर के ज़िला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद ने जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आज हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मतदाताओं में वोट डालने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं लोकतंत्र में मतदान को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है कैदी उत्पाद शिमला के गेयटी थियेटर में कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गयी जिसमें प्रदेश की विभिन्न कारागारों में सजा काट रहे कैदियों ने द्वारा बनाए गए उत्पादों की लोगों ने जमकर खरीददारी की जेल पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ठाकुर ने बताया कि कैदियों द्वारा जेल के अंदर बनाए गए हैंडलूम व खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना है